आज नई दिल्ली में पूर्वी दिल्ली हब के विकास के लिए कड़कड़ड्मा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा सिटिजनशिप एमेंडमेंड बिल पर विपक्षों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक भ्रांति खड़ी कर दी दिल्ली ने बहत समय के बाद देखा है लोग सड़कों पर आए दिल्ली की शांति को भंग किया गया मैं आज बहत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं विपक्ष ने दिल्ली को जनता को गुमराह कर कर दिल्ली की शांति को भंग किया है श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक नई कार्य संस्कृति शुरू की है गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले चालिस लाख लोगों को मालिकाना हक प्रदान किए थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की आलोचना की है संसद द्वारा पारित इस कानून पर हिंसा के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में जनरल रावत ने कहा कि नेताओं को जनता को सही रास्ता दिखाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के मुद्दे पर झूठ फैलाने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने ही असम में तीन हिरासत केन्द्र खोले थे उन्होंने कहा कि दो हजार बारह में यूपीए सरकार ने उस समय की तरूण गोगोई सरकार से इन केन्द्रों को खोलने को कहा था श्री पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि देश में ऐसा कोई हिरासत केन्द्र नहीं है जिनमें एनआरसी बनने के बाद देश के मुसलमानों को रखा जाना हो लेकिन कांगेस नेता राहुल गांधी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों में हम आज से एक नई श्रृंखला जानना जरूरी है औ्यरू कर रहे हैं इसमें हम उन योजनाओं और समसामयिक वि ायों के बारे में आपको वास्तविकता से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में पूरी जानकारी के अभाव में आम लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं इस श्रंखला में सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले भ्रम और वास्तविकताओं से नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आम लोगों में काफी ध्रम है जानना जरूरी है के जरिये हम सर्वप्रथम यह पूरी तरह से स्प ट करना चाहते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है भारतीय नागरिकों को संविधान से जो मूलभूत अधिकार हासिल हैं उन्हें यह या अन्य कोई कानून न तो छीन रहा है न ही वापस ले सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिंक पर अपने सुझाव दे सकते हैं यह सुझाव इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक दिये जा सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय भूगतान निगम एन पी सी आई ने आज कहा कि ग्राहक अब भीम यूपीआई से जुड़े मोबाइल एप के जरिये भी फॉस्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं इस महीने की पन्द्रह तारीख से वाहन चालकों के लिए फास्टैग से टोलटैक्स का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है एन पी सी आई ने कहा है कि भीम यूपीआई के माध्यम से रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध हो जाने से वाहन मालिक गाड़ी के चलते समय भी रिचार्ज कर सकते हैं और टोल प्लाजा पर लेबी लाइन लगाने की परेशानियों से बचा जा सकता है साल का अंतिम आंशिक सूर्य ग्रहण आज कई देशों के साथ भारत में भी देखा गया यह ग्रहण वलयाकार था ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केन्द्र को ढक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नजर आता है और रिंग ऑफ फायर यानी वलयाकार हो जाता है अयोध्या में श्रद्दालुओं ने सिद्धपीठ नाका हनुमानगढ़ी में मंत्रोच्चार के बीच अनु ठान में भाग लिया और सूर्यग्रहण के बाद सरयू में स्नान कर दान पूण्य किया मथुरा में भी हजारों तीर्थयात्रियों ने बल्लभकुल सम्प्रदाय के मंदिरों में भजन पूजन किया उधर ग्रहण के दौरान मथुरा के प्राचीन केशवदेव मंदिर और बांके बिहारी मंदिर वृन्दावन सहित अधिकांश मंदिर बंद रहे ग्रहण के बाद हजारों श्रद्वालुओं ने यमुना में स्नान किया प्रदेश में अत्यधिक ठंड के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है गोरखपुर वाराणसी अयोध्या कुशीनगर समेत पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में आज दिनभर कोहरा छाया रहा बर्फीली हवाओं के कारण दिन के तापमान में मी गिरावट दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार ठंड और कोहरे से निजात मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है अगले चौबीस घंटों में पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में घना कोहरा छाये रहने को आसार हैं